प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी

कोहरे के कारण रेल हवाई और सड़क यातायात प्रभावित

राज्य में सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक आज

प्रदेश के कई भागों में शीतलहर का प्रकोप जारी है मुजफ्फरपुर भागलपुर और पूर्णिया जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है भागलपुर जिले का सबौर सबसे अधिक ठंडा स्थान रहा जहां सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार प्रे प्रदेश में दिन के तापमान में कमी आ सकती है अगले अड़तालीस घंटे में तापमान तीन से चार डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है प्रदेश में ठंड से तेरह लोगों के मौत की खबर है सबसे अधिक तीन लोगों की मौत दरभंगा जिले में हुयी है मौसम विभाग ने जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश होने की आशंका जतायी है पश्चिम विक्षोभ और जोर पकड़ेगा उत्तरी भारत में चल रही ठंडी हवाओं के कारण और कनकनी बढ़ेगी इसका असर फसलों पर पड़ सकता है मौमस विभाग से उपलब्ध आकड़ों के अनुसार पिछले दस दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है ठंड को देखते हुये सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के खूलने के समय में बदलाव किया है आंगनबाड़ी केंद्र अब दोपहर बारह बजे से दो बजे तक खुलेंगे कोहरे के कारण ट्रेन और विमान यातायात प्रभावित हो रहा है राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं जबकि कुछ ट्रेनों को बदले हुये मार्गों से चलाया जा रहा है रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है इधर समस्तीपूर जिला प्रशासन ने ठंड के मद्देनजर जिले में एक जनवरी तक पहली से पांचवीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित करने के निर्देश दिये हैं वहीं छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह दस बजे से दिन के तीन बजे तक होगा इधर खगड़िया में भी कक्षा पांच तक पठन पाठन उनतीस दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय भूगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि ग्राहक अब भीम यूपीआई से जूड़े मोबाइल एप के जरिये भी फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं इस महीने की पंद्रह तारीख से वाहन चालकों के लिए फास्टैग से टोलटैक्स का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है नेशनल इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन एनईटीसी द्वारा शुरू किया गया फास्टैग इस्तेमाल करने में बड़ा आसान है इसे समूचे भारत में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से च्रंगी जमा कराने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है इसके अन्तर्गत भूगतान की गई राशि के समाशोधन और विवादों के समाधान की सुविधा भी उपलब्ध है राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित की जायेगी इसके लिये सभी पंचायतों में मुखिया ने आज ग्राम सभा की बैठक बुलायी है सात सदस्यीय प्रबंधन समिति के लिये एक अध्यक्ष और छह सदस्यों का चूनाव किया जायेगा इस समिति में कम से कम दो महिलाओं और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य होंगे पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करने का निर्देश दिया है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों के कामकाज की निगरानी का जिम्मा भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ताओं को सौंपा है विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम साह ने बताया कि इस संबंध में विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है अंचल कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की साप्ताहिक समीक्षा होगी और संबंधित अधिकारी इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों को प्रधान सचिव में प्रोन्नति दी गयी है इसमें एन विजय लक्ष्मी और अरविंद कुमार चौधरी शामिल हैं इस संबध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है उधर गृह विभाग ने पुलिस सेवा के दो अधिकारियों सुशील मानसिंह खोपड़े और पंकज कुमार दराद को प्रोन्नति दी है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तीरपनवें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना साहिब और राजगीर में कार्यक्रमों का अयोजन किया जा रहा है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर राजगीर में आज से तीन दिनों का भव्य आयोजन किया जा रहा है इसमें देश विदेश के सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं उधर पटना साहिब में इकतीस दिसंबर से दो जनवरी तक आयोजित होने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तीरपनवें प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिये बड़ी संख्या में श्रद्वालू पटना पहुंचने लगे हैं जिसको लेकर पटना सिटी के ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है आज से पटना सिटी में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है प्रकाश पर्व को लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब स्टेशन को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जबकि पटना साहिब स्थित गुरूद्वारे को रंग बिरंगी रौशनी से सजाया गया है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष दो हजार उन्नीस के लिए नारी शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं यह राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को उनके महिला सशक्तीकरण विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के वास्ते असाधारण कार्यो की पहचान के लिए दिया जाता है आठ मार्च दो हजार बीस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग चालीस नारी शक्ति प्रस्कार प्रदान किए जाएंगे आवेदन सात जनवरी दो हजार बीस तक जमा किए जा सकते हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि शेडनेट योजना के तहत प्रदेश में पान की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि पान उत्पादक किसानों को सही मूल्य मिल सके इसके लिये नालंदा जिले के इस्लामपुर स्थित पान अनुसंधान केंद्र में पान से तेल निकालने की मशीन लगायी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत आज भोजपुर और बक्सर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने पटना नगर निगम द्वारा बनाये गये अस्थायी आश्रय स्थलों में ठंड से बचाव के लिये पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया है इन आश्रय स्थलों का निरीक्षण करते हुये उन्होंने अलाव की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों के रख रखाव की निगरानी ई मार्ग सिस्टम से की जायेगी निरीक्षण के दौरान सड़कों का पूरा ब्योरा फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जारी किया जायेगा प्रदेश में यह सिस्टम एक फरवरी से लागू होगा पटना जिले के बिहटा से एक गोदाम का ताला तोड़कर अपराधियों ने दो सौ बोरे गेहूं की चोरी कर ली दरभंगा जिला पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव से तीन चोरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर बीस लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण बरामद किए हैं पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित युवा उत्सव में राज्य के विभिन्न जिलों से बारह सौ से अधिक युवा कलाकार शामिल हो रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि मोतिहारी जिला स्कूल में छह स्थानों पर कला मंच बनाये गये हैं अररिया जिले में पुलिस ने बैंक लूट कांड सहित बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी वकील यादव को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सूर्य ग्रहण से जुड़ी खबरों को विशेष खबर के रूप में सचित्र प्रकाशित किया है इससे जुड़ी अन्य खबरों को अंदर के पन्नों पर भी अखबारों ने प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में एक हफ्ते के अंदर होगी डॉक्टरों की बहाली दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार का विकास दुनिया के लिये है नजीर इसी अखबार ने एक अन्य खबर का शीर्षक बनाया है गुड गवर्नेस रैंकिंक में बिहार ने हरियाणा को पछाड़ा दैनिक भास्कर की सुर्खी है मैट्रिक इंटर की परीक्षा में तीस लाख परीक्षार्थियों की दो करोड़ से अधिक कॉपियों पर इस बार रहेंगे फोटो प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है सर्द हवाओं की चपेट में पूरा बिहार और गिरेगा पारा और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी

कोहरे के कारण रेल हवाई और सड़क यातायात प्रभावित

राज्य में सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक आज